इस आतंकी हमले की हिमाचल विधानसभा ने कड़ी निंदा की है

शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुख्यमत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि आतंकी हमले में हिमाचल के कांगड़ा जिला के ज्वाली क्षेत्र की नाणा पंचायत के धेवा गांव के तिलक राज शहीद हुए हैं

मुख्यमंत्री ने आतंकी हमले की पुरजोर निंदा की और शहीदों के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है

यह घटना देश के समक्ष बड़ी चुनौती है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है उन्होंने केंद्र सरकार से इस चुनौती से सख्ती से निपटने का आग्रह किया है

सिंघा ने शहीद तिलक राज के परिवार को अपनी निजी राशि से सहयोग करने की बात कही पूर्व मुख्मयंत्री वीरभद्र सिंह ने शोक प्रस्ताव में बोलते हुए कहा कि सेना आंतकियों का हिम्मत के साथ मुकाबला कर रही है वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह घटना सीमा पर न होकर जम्मू कश्मीर की राजधानी के निकट हुई है इससे यह जाहिर हो रहा है कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्हें फक है कि हमारी सेना जोश के साथ आतंकियों का मुकाबला कर रही है सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह वन मंत्री गोविंद सिंह विधायक इंद्र सिंह धनीराम शांडिल राकेश पठानिया विक्रमादित्य सिंह विक्रम जरियाल सुरेश कश्यप और आशीष बुटेल ने भी शोक प्रस्ताव में भाग लिया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी शोक प्रस्ताव में सम्मिलित हुए विधानसभा स्थगित इस बीच हिमाचल विधानसभा में जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के शहीद जवानों के सम्मान में सदन की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया सदस्यों ने शहीदों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा

इससे पहले मुख्यमंत्री व सदन के नेता जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए रणबांकुरों के सम्मान में सदन की कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया बिंदल ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में सदस्यों को यह भी अवगत करवाया कि इस आंतकी हमले से आहत राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विधानसभा के सदस्यों के लिए राजभवन में आज शाम आयोजित होने वाले रात्रि भोज के आयोजन को रद्द कर दिया है राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर शोक जताते हुए उनके परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है

जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले को एस्कॉट करते समय कॉन्स्टेबल तिलक की गाड़ी को आतंकवादियों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद के पिता से फोन पर बात कर वीर सैनिक तिलक राज की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया और परिजनों को ढांढस बंधाया मुख्यमंत्री शहीद को श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिए कल सुबह उनके पैतृक गांव धेवा पहुंचेंगे मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले व मध्यवर्ती इलाकों में वर्षा हो रही है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है लाहौल स्पीति जिले में कल रात से भारी हिमपात का क्रम जारी है जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है घाटी में बर्फबारी से सड़क बिजली और संचार सेवाएं बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं